हालांकि कन्टेंमेंट जोन में स्थित ऐसे संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी खुलने वाले संस्थानों को केन्द्र सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा और परस्पर सुरक्षित दूरी को मानक को मानना होगा

इसके अलावा प्रसाद का अर्पण वितरण और पवित्र जल छिड़कने की अनुमति नहीं होगी प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को भी छने की इजाजत नहीं होगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम छह फूट की दूरी बनाये रखने को कहा गया है धार्मिक स्थलों में सामुदायिक रसोई लंगर और अन्न दान तैयार करने और इसका वितरण करने के दौरान परस्पर सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करना होगा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार शापिंग मॉल में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की इजाजत होगी जिनमें कोविड के लक्षण नहीं पाए जाएगें इसके अलावा मॉल में बच्चों के खेलने वाले जगह और सिनेमाहॉल बिलकुल बंद रहेंगें इन जगहों पर सामाजिक दूरी का पालन हो सके यह सुनिश्चित करने के लिए मॉल प्रबंधन द्वारा पर्याप्त उपाय करने होंगे

वहीं रेस्टोरेंट के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार प्रवेश द्वार पर हाथों को धोने और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान करना होगा वहीं होटलों में आने वाले आगंतुकों को अपनी यात्रा का विवरण और स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी उपलब्ध करानी होगी आगंतुक के ठहरने वाले कक्ष और अन्य सेवाओं को समय समय पर सेनिटाइज करना होगा साथ ही रसोई घर को भी समय समय पर सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा

केन्द्र सरकार ने धार्मिक स्थलों होटलो रेस्त्रां और अन्य स्थलों में जारी पावंदियों में ढील देने की घोषणा की है लेकिन राज्य में कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हुए फिलहाल पाबंदी जारी रहेगी मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षतावाली उच्चस्तरीय स्क्रीनिंग कमिटि ने चार जून को लॉकडाउन में निर्धारित नियमों के पालन से संबंधित आदेष जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही छूट को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा यहां धार्मिक स्थल होटल रेस्त्रां कपड़े जूते आदि की दुकानों के खोलने पर लगाई जा रही पावंदी राज्य सरकार अगले आदेष तक जारी रखेगी

सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सभी क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन से मुक्त करने का फैसला लिया गया

इन सातों माइक्रो कंटेनमेंट जोन में मेडिकल टीम द्वारा सर्वे का काम भी पूरा कर लिया गया है रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने लोगों से लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है

अभी तक वापस लौटे श्रमिकों में लगभग छह हजार श्रमिकों को मनरेगा का जॉब कार्ड उपलब्ध करवाया गया है

इन सभी कुशल श्रमिकों को बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणबियाडा स्थित उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है इस संबंध में बियाडा के सचिव संदीप कुमार और चास एसडीओ शषि प्रकाश सिंह ने कल उद्यमियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया एसडीओ ने उद्यमियों को बताया सभी कुशल प्रवासी श्रमिकों का प्रशासन ने डेटाबेस तैयार किया है उद्यमी आवश्यकता के अनुसार डेटाबेस के आधार पर चयन कर उनकी दक्षता का लाभ उठा सकते हैं

कल रात आयी रिपोर्ट के अनुसार कोडरमा जिले में दो नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं पिछले दिनों महाराष्ट्र से लौटे दंपती कोरोना संक्रमित पाए गए हैं

संक्रमित पाए गए व्यक्तियों की महाराष्ट्र तमिलनाडु एवं कर्नाटक से वापस लौटने की ट्रेवल हिस्ट्री रही है इधर हजारीबाग जिला में तीन नए कोरोना संक्रमित मिले हैं तीनों मामले टाटीझरिया प्रखंड के हैं और प्रवासी मजदूर हैं बोकारो में कुल सक्रिय मामले चार हो गए हैं पष्चिम सिहंभूम जिले में पॉजिटिव पाए गए मरीज को राज्य क्वारेंटीन में रखा गया है

इसके अलावे अन्य संक्रमितो में भी अधिकांश प्रवासी हैं

एसडीपीओ विनोद महतो ने नियमों का उल्लंघन करने वालो को बीमारी से आगाह किया और जिनके पास मास्क नहीं था उनके बीच मास्क वितरित किया

मजदूर एयरलिफ्ट लॉकडाउन के कारण देष के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी श्रमिकों की वापसी का सिलसिला जारी है

इन्हें दो चरण में वापस लाया जाएगा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस कार्य में सहयोग के लिए स्थानीय डीआईवाई आयक्त लद्दाख बीआरओ के अधिकारी स्पाइस जेट इंडिगो और एयर एशिया उद्योग घरानों और क्छ स्थानीय गैर सरकारी संगठन को धन्यवाद दिया है

इनकी मदद के लिए सरकार ने मनरेगा के तहत एक लाख एक हजार पांच सौ करोड़ रुपये की राहत दी है

जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी दो महीने के लिए अनाज उपलब्ध कराया गया है